उत्तराखंड बोर्ड के नतीजे घोषित दसवीं और बारहवीं में लड़कियों ने मारी बाजी

शिक्षा नीति आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ह्ई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गयी नई शिक्षा नीति के तहत सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक ही नियम होंगे इसमें फीस फिक्स करने के लिए व्यवस्था की गई है अब नेशनल रिसर्च फॉउंडेशन में विज्ञान के साथ सामाजिक विज्ञान भी शामिल होगा उच्च शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण पर भी ध्यान दिया गया है नई शिक्षा नीति में तकनीक के प्रयोग को बढ़ावा देने की बात कही गई है

वर्च्अल लैब पर भी ध्यान दिया जाएगा

लड़कियों पर विशेष ध्यान का प्रावधान है

एक अहम फैसले में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने को स्वागत योग्य कदम बताते हए कहा कि यह केंद्र सरकार की शिक्षा के प्रति गम्भीरता को प्रकट करता है उन्होंने कहा कि तीन दशक बाद देश को नई शिक्षा नीति मिली है यह नीति वर्तमान और भावी च्नौतियों का समाधान करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाएगी कैबिनेट फैसले प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के पदोन्नति के बाद द्र्गम स्थानों पर तैनाती के लिए कड़े कदम उठाये गए हैं इसके अंतर्गत पदोन्नति परित्याग नियमावली को मंजूरी दी गई है आज म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्क्षता में सचिवालय में हई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया

शासकीय प्रवक्ता ने बताया कि उत्तराखण्ड तकनीकी विश्व विद्यालय का नाम वीर माधव सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून होगा वहीं आयुष शिक्षा चिकित्सा भर्ती प्रक्रिया लोक सेवा आयोग के स्थान पर चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड करेगा

इसके अलावा बच्चों और किशोरियों के लिए भी अहम निर्णय लिये गए कैबिनेट की बैठक में रानीपोखरी में पूर्व सैनिकों के लिये ईसीएचएस पालिटेक्निक के लिये भूमि देने का निर्णय लिया गया इसके अलावाएससी एसटी और ओबीसी छात्रवृति योजना के अंतर्गत पाठ्यक्रम के अनुसार सरकारी एवं प्राइवेट स्कूल की फीस संरचना के लिये कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक की अध्यक्षता में समिति बनाई गयी

उधर हरिद्वार जिले में कोरोना पॉजीटिव पाये गये व्यक्तियों और उनके सम्पर्को के आधार पर कंटेनमेंट जोन घोषित किये जा रहे हैं कंटेनमेंट जोन में पैरामीटर कन्ट्रोल करने के लिए तहसील स्तर से बैरीकेटिंग का कार्य किया जा रहा है

इसको देखते हुए जिलाधिकारी ने जिले के अलग अलग क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन और अन्य कार्रवाई के लिए बैरीकेटिंग का कार्य करने के लिए नोडल अधिकारी नामित किये हैं

हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है

तीसरे स्थान पर ऋषिकेश के राह्ल यादव रहे हैं राज्यपाल बेबी रानी मौर्य मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी विद्यार्थियों को श्भकामनाएं दी हैं हवाई सेवा केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह प्री और म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज आरसीएस उड़ान योजना के अन्तर्गत देहराद्न नई टिहरी श्रीनगर गौचर हेली सेवा का ऑनलाइन श्भारम्भ किया इस मौके पर म्ख्यमंत्री ने कहा कि उड़ान योजना के अन्तर्गत जो हेली सेवाएं चलाई जा रही हैं स्थानीय लोगों द्वारा इसे काफी पंसद किया जा रहा है उन्होंने कहा कि देहरादून नई टिहरी श्रीनगर गौचर हेली सेवा प्रति सप्ताह में तीन दिन सोमवार ब्धवार और श्क्रवार को चालू रहेगी मुख्यमंत्री श्री ने केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पूरी से हल्द्वानी अल्मोड़ा धारचूला के लिए भी मंगलवार ग्रूवार और शनिवार को हवाई सेवा प्रारम्भ करने का अनुरोध किया उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के मद्देनदर ग्र्प्तकाशी और बड़कोट में भी हेली सेवाएं श्रू किये जाने की आवश्यकता है उन्होंने हर्षिल के लिए भी हेली सेवा श्रू कराने की बात कही जिससे गंगोत्री जाने वाले यात्रियों को सुविधा होगी केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिन नये यात्रा मार्गों के लिए हेली सेवा श्रू करने के लिए स्झाव दिया गया है उस पर जल्द ही म्ख्यमंत्री से चर्चा कर निर्णय लिया जायेगा बारिश से नकसान प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है खासकर पर्वतीय जिलों में जगह जगह कई सड़कें बाधित हैं भूस्खलन और भारी बारिश से जानमाल का नूकसान हआ है जबकि निचले इलाकों में जलभराव से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र में लगातार भारी बारिश होने से सरयू नदी उफना गई है नदी उफनाने से किनारे रहने वाले लोगों को आज कुछ समय के लिए अपना घर छोड़कर स्रक्षित जगह शरण लेनी पड़ी भारी बारिश से दो मकान क्षतिग्रस्त हए हैं प्रभावित परिवारों को अन्य जगहों में शिफ्ट किया गया है मौसम विभाग ने आज पिथौरागढ़ बागेश्वर नैनीताल उधमसिंह नगर पौड़ी और चंपावत जिलों में कहीं कहीं तीव्र दौर के साथ भारी से बहृत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है कल देहरादून हरिद्वार पौड़ी रुद्रप्रयाग और चमोली में भारी बारिश की संभावना है बारिश का यह दौर पहली अगस्त तक जारी रह सकता है रफाल रफाल लडाकू विमान की पहली खेप आज अम्बाला स्थित एयरबेस पहंच गई है रफाल के इस खेप में तीन सिंगल सीटर और दो दो सीटर विमान हैं